प्रदेश से राज्यसभा की दस सीटों पर खड़े हुए सभी दस उम्मीदवारों को कल घोषित किया गया निर्विरोध निर्वाचित

केन्द्र सरकार ने आपात ऋण स्विधा गारंटी योजना की अवधि तीस नवम्बर तक बढाई

शाम छह बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हए वोट डाले जायेंगे मतदाता कोरोना नियमों के तहत मतदान केन्द्रों पर आना शुरू हो गये हैं जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है मतदान के लिये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं जिन विधानसभा सीटों के लिये आज मतदान हो रहा है वह सीटें हैं अमरोहा की नौगांवा सादात बुलन्दशहर टूडला उन्नाव की बांगरमऊ कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया और जौनपुर की मल्हनी मतगणना दस नवम्बर को होगी

यहां मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं मतदाता मास्क लगाकर गोल घेरों में खड़े हुए हैं मतदाता को प्रवेश से पूर्व सेनिटाइजर किया जा रहा है और अमिट सियाही लगाने के बाद उनको गलिफ्स देकर ईवीएम का बटन दबाने की परमिशन दी जा रही है मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है लियाकत अली आकाशवाणी समाचार फिरोजाबाद इस उप चुनाव के लिये होने वाले मतदान में चौबीस लाख चौंतीस हजार मतदाता पंजीकृत है जिनमें से ग्यारह लाख तीस हजार महिलाए हैं सात सीटों के लिये अट्ठासी प्रत्याशी मैदान में हैं जिनमें से नौ महिला प्रत्याशी हैं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आकाशवाणी को बताया कि कोरोना के मद्देनजर सभी आवश्ययक उपाय किए गए हैं प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रवेश से पहले मतदाताओं के शरीर का तापमान लिया जाएगा प्रदेश से राज्यसभा के लिये दस सीटों पर द्विवार्षिक निर्वाचन दो हजार बीस के लिये घोषित कार्यक्रम के अनुसार कल अपरान्ह तीन बजे तक नाम वापसी की अंतिम तारीख समाप्त हो जाने के बाद परिणामों की घोषणा कर दी गई दस सीटों पर खड़े हुए सभी दस उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि निर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं

हरदीप सिंह पुरी का प्रमाण पत्र संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्राप्त किया और राम गोपाल यादव का निर्वाचन प्रमाण पत्र उनके प्रतिनिधि को प्राप्त कराया गया जबकि अन्य सदस्यों ने स्वयं उपस्थित होकर अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किये प्रदेश सरकार ने शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है इस संबंध में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विमिन्न धाराओं सहित आईटी अधिनियम के तहत समुदायों के बीच घृणा फैलाने के आरोप लगाए गए हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले साक्षात्कार दिए थे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कमार यादव ने कहा है कि त्योहारों के दौरान और अधिक रेलगाडियां चलाई जाएंगी ताकि प्रत्येक यात्री को कन्फर्म टिकट मिल सके संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड के कारण केवल आरक्षित रेलगाडियां ही चलाई जा रही हैं श्री यादव ने लोगों से आग्रह किया कि वे स्रक्षित यात्रा के लिए केवल टिकट कन्फर्म होने पर ही रेलवे स्टेशन आएं उन्होंने बताया कि प्रतीक्षा सूची पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा आवश्यक होने पर और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी श्री यादव ने बताया कि बीस अक्तूबर से तीस नवम्बर तक चार सौ छत्तीस विशेष त्योहार रेलगाडियां चलाई जा रही हैं भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधान परिषद की रिक्त हुई ग्यारह सीटों पर निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है इन सीटों में से पांच सीटें खंड स्नातक क्षेत्र की है और छह खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है

इन सदस्यों का कार्यकाल छह मई दो हजार बीस को समाप्त हो गया था लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते निर्वाचन की कार्रवाई अग्रिम आदेशों तक लम्बित रही आयोग के अनुसार रिक्त हुई सीटों पर निर्वाचन के लिये पांच नवम्बर को अधिसूचना जारी की जायेगी और बारह नवम्बर नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी तेरह नवम्बर को पर्चो की जांच होगी सत्रह नवम्बर तक नामांकन वापस लिये जा सकते हैं एक दिसम्बर को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा और तीन दिसम्बर को वोटों की गिनती की जायेगी केन्द्र सरकार ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की अवधि बढ़ा दी है इसकी अवधि एक महीने यानी तीस नवम्बर या योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति तक में से जो भी कम हो तक कर दी गई है अर्थव्यवस्था के विभन्नि क्षेत्रों को खोले जाने और त्योहारों के दौरान मांग में वृद्वि की आशा को देखते हुए ऐसा किया गया है आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघ् तथा मध्यम उद्योगों व्यापार उद्यमों कारोबार के लिए वैयक्तिक ऋण और मुद्रा कर्जदारों को आसानी से गारंटीशुदा ऋण उपलब्ध कराना है इस योजना के तहत उन्तीस फरवरी दो हजार बीस तक पचास करोड़ रुपए तक बकाया ऋण वाले और दो सौ पचास करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले ऋण ले सकते हैं बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को अधिकतम नौ दशमलव दो पांच प्रतिशत और गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को चौदह प्रतिशत व्याज दर पर ऋण दिया जाता है ऋण की अवधि चार वर्ष है इसमें मूल भुगतान पर एक वर्ष ऋण स्थगन की अवधि शामिल है इस योजना के तहत अब तक साठ लाख सड़सठ हजार लाभार्थियों को दो लाख तीन हजार करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है एक लाख अड़तालिस हजार करोड़ रुपए की राशि का ऋण दिया जा चुका है राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना का संक्रमण कम जरूर हुआ है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है इसलिये लगातार सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि सही सर्विलांस गुणात्मक उपचार और सही समय पर इलाज से रोगियों की ज्यादा संख्या में जान बचाई जा सकती हैं उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रखे गये मरीजों का रोज अनुश्रवण किया जाये और पहले चौथे और सातवें दिन मरीजों के घर पर विजिट की जाये उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में डेंगू के ज्यादा मरीज संज्ञान में आये हैं वहां टीमें भेजकर साफ सफाई एंटीलार्वा का छिड़कांव तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये जिससे बीमारी के प्रसार को रोका जा सके

इसलिये लगातार सावधानी और सतर्कता की जरूरत है राज्य में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार सात सौ अट्ठासी नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान दो हजार चालिस रोगी ठीक हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय राज्य में तेईस हजार पैंतीस कोरोना के सक्रिय मामले हैं अब तक चार लाख पचपन हजार चार सौ अट्ठनवे रोगी कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो गये हैं देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है अब तक पचहत्तर लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं देश में स्वस्थ होने की दर इक्यानवें दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान लगभग तिरपन हजार मरीज ठीक हुए हैं इस दौरान संक्रमण के करीब पैंतालीस हजार नये मामले सामने आए हैं